प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सशस्त्र बलों का बार बार अपमान करने पर विपक्ष की आलोचना की है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे विपक्षी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाएं हैशटैग जनता माफ नहीं करेगी के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा को निशाना बनाया जो कांग्रेस की ओर से विदेश मामलों को संभालते है खबर है कि श्री पित्रोदा ने कहा था कि मुम्बई आतंकी हमले के बाद भारत हवाई हमले कर सकता था लेकिन हमला इस मुद्दे का समाधान नहीं है श्री मोदी ने कहा है कि ऐसे बयान देकर कांग्रेस मान रही है कि वह आतंकी ताकतों का जवाब नहीं देना चाहती देश की जनता पहले से ही इस सच्चाई को जानती है पाकिस्तान के राष्ट्र दिवस पर कांग्रेस की ओर से आयोजन शूरू करने पर प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा की निंदा की क्योंकि इससे देश के सशस्त्र बलों का अपमान हुआ है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बालाकोट में भारतीय वायु सेना की कार्रवाई पर सैम पित्रोदा की टिप्पणी की तीखी आलोचना की है भाजपा मुख्यालय में श्रो जेटली ने कहा कि पित्रोदा को लगता है कि भारत ने जो किया वो गलत है जबकि किसी अन्य देश ने और यहां तक कि इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने भी इन हवाई हमले की आलोचना नहीं की इससे पहले सैम पित्रोदा ने बालाकोट हवाई हमले में मरने वालों की संख्या पर सवाल उठाया था पर बाद में कहा कि वे सरकार के फैसले का सम्मान करते ह और देश का नागरिक होने के नाते ये जानकारी मांग रहे है सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस आयोजन में किसी सरकारी प्रतिनिधि को न भेजने का फैसला किया है सूत्रा के अनुसार यह फैसला यह पता लगने पर किया गया है कि पाकिस्तान ने इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बुलाया है भारत सरकार के रूख को देखते हुए कोई भी अधिकारी इस आयोजन में नहीं जाएगा

उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दाबारा चुनाव लड़ेंगे

उन्होंने बताया कि पूर्व अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव मैदान में उतरेंगे वहीं नागपुर से केन्द्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी चुनाव लड़ेंगे श्री नड्डा ने बताया कि कन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जनरल वी के सिंह गाजियाबाद से डॉ महेश शर्मा गौतमबद्ध नगर से और हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ेंगी

भारतीय जनता पार्टी ने बदायूॅ लोकसभा सीट पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या की पुत्री संघमित्रा मौर्य को बागपत से सतपाल सिंह मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान सहारनपुर से राघव लखन पाल को टिकट दिया है वहीं पार्टी ने मेरठ से राजेन्द्र अग्रवाल एटा से राजवीर सिंह उर्फ रज्जू भैया उन्नाव से साक्षी महराज बरेली से संतोष कुमार गंगवार और मुरादाबाद से कुँवर सर्वेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है वहीं छह वर्तमान सांसदों का पार्टी ने टिकट काट दिया गया है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

बहजन समाज पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश से अपने ग्यारह उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जिसमें हाल ही में जनता दल सैक्युलर जेडीएस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए दानिश अली को अमरोहा से उम्मीदवार बनया गया है बसपा और सपा प्रदेश में लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं

अमेठी और रायबरेली सीट से सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा

उन्होंने बताया कि सहारनपुर से हाजी फजर्लुरहमान और गौतमबुद्धनगर से सतबीर नागर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद संसदीय सीट पर अपना प्रत्याशी बदलने की घोषणा की है सपा की ओर से आज जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक सुरेश बंसल को गाजियाबाद सीट से प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है इससे पहले सुरेन्द्र कुमार मुन्नी को वहां से अपना प्रत्याशी घोषित किया था

वहीं कैराना लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद हरेन्द्र मलिक तथा सपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद तबस्सुम हसन ने भी नामांकन दाखिल किया

भाजपा की ओर से दो लोगों ने नामांकन पर्चे लिये हैं जिनमें मृगांका सिंह और प्रदीप कुमार के नाम शामिल हैं

आज नामांकन फार्म लेने वालों में बसपा प्रत्याशी दानिश अली भी शामिल हैं

मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी चौबीस मार्च को सहारनुपर में जनसभा कर लोकसभा चुनाव के लिए प्रदश में प्रचार अभियान की श्रूआत करेंगे भाजपा के प्रदेश इकाई के महासचिव और पश्चिमी क्षेत्र के प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शाकुंभरी देवी के दर्शन के बाद जनसभा करेंगे

इसके अलावा अन्य बड़े नेताओं का भी मार्च के अंतिम सप्ताह से राज्य में प्रचार करने का कार्यक्रम हो सकता है जाने माने किकेटर गौतम गभीर आज औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पार्टी मुख्यालय में गौतम गंभीर को भाजपा की सदस्यता दिलायी

समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी आज अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की